राष्ट्रपति भवन की विज्ञप्ति में बताया गया है कि मध्यप्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल को अब उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है बिहार के राज्यपाल लालजी टंडन को मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है फागु चौहान को बिहार का नया राज्यपाल बनाया गया है जगदीप धनकड़ पश्चिम बंगाल के तथा रमेश बैस त्रिप्रा के राज्यपाल नियक्त किए गए हैं आर एन रवि नगालैंड के नए राज्यपाल होंगे विज्ञप्ति में कहा गया है कि ये नियुक्तियां राज्यपाल का प्रभार संभालने की तारीख से प्रभावी होंगी

आज सुबह उन्हें घर पर दिल का दौरा पड़ा जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां दोपहर बाद उन्होंने अंतिम सांस ली राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत अनेक नेताओं ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट संदेश में उनके निधन पर शोक जताया उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने संवेदना संदेश में कहा कि दिल्ली के चहुंमुखी विकास के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा

रक्षामंत्री ने द्रास में आगंतुक पुस्तिका पर हस्ताक्षर भी किए पुस्तिका में अपने संदेश में श्री सिंह ने लिखा कि इस ऐतिहासिक मौके पर वे करगिल युद्ध के सभी योद्धाओं को नमन करते हैंजिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया शहीदों का उत्साह और पराक्रम आजसभी भारतीयों के लिए प्रेरणा है इधर बाड़मेर में सीमा सुरक्षा बल की ओर से करगिल विजय की वर्षगांठ के सिलसिले में विशेष आयोजन हो रहे हैं

दो दिन के प्रवास पर आज जोधपुर पहुंचे श्री शेखावत ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हमें पानी को लेकर जागरूक होना होगा सभी विषयों पर एक साथ काम करना होगा श्री शेखावत ने फलौदी विधानसभा क्षेत्र का दौरा भी किया इस दौरान उन्होंने जन सुनवाई भी की

गांव में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है

हनुमानगढ जिले में पुलिस ने दो युवकों के पास से नशीली गोलियां जब्त की है